प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से पात्र लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने और जागरूकता बढाने की अपील की

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की नई महिला नीति जारी की लैंगिक समानता पर जोर देते हुए महिलाओं से हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपील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

इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड टीका लगाना है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसका शुभारम्भ करते हुए कहा कि टीका उत्सव कोरोना महामारी के खिलाफ दूसरे बड़े युद्ध की शुरूआत है उन्होंने सभी से व्यक्तिगत और सामाजिक साफ सफाई रखने की जरूरत पर जोर देते हुए टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने पर बल दिया एक ट्वीट के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि हमें चार बातें जरूर याद रखनी है इच वन वैक्सीनेट वन यानि जो लोग कम पढे लिखे हैं बज़र्ग हैं जो स्वयं जाकर टीका नहीं लगवा सकते उनकी मदद करें इच वन ट्रीट वन यानि जिन लोगों के पास उतने साधन नहीं है जिन्हें जानकारी भी कम है उनकी कोरोना के इलाज में सहायता करें इच वन सेव वन यानि मैं स्वयं भी मास्क पहनूं और इस तरह स्वयं को भी सेव करूं और दूसरों को भी सेव करूं इस पर बल देना है और चौथी अहम बात किसी को कोरोना होने की स्थिति में माइको कन्टेनमेंट जोन बनाने का नेतत्व समाज के लोग करें जहां पर एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस आया है वहां परिवार के लोग समाज के लोग माइको कन्टेनमेंट जोन बनाएं उन्होंने आग्रह किया कि कोविड टीको की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जिनकी पात्रता है वे टीका अवश्य लगवाएं प्रधानमंत्री ने परिवार में सभी को टीका लगवाने की जिम्मेदारी घर की महिलाओं से संभालने की अपील की उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चार दिन के टीका उत्सव में व्यक्तिगत सामाजिक और प्रशासनिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर जन भागीदारी से कोरोना के खिलाफ संघर्ष में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकेगी

झंझनूं सांसद नरेन्द्र कुमार ने आज वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई और ज्यादा से ज्यादा लोगों से टीका लगवाने की अपील की धौलप्र जिले में कई सामाजिक संगठनों की ओर से कोविड वैक्सीनेशन शिविर लगाए जा रहे हैं ब्रंदी में भी एक स्वयंसेवी संस्थान की ओर से टीकाकरण शिविर लगाया गया

जिले में बढ़ते कोरोना संकमण के कारण प्रशासन व्यापारिक संघ और सामाजिक संगठनों की सहमति से इस महीने हर रविवार को बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया है सवाई माधोपुर जिले में भी आज बाजार पूरी तरह बंद रहे

उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ने की अपील की श्री गहलोत ने कहा कि इस योजना के तहत कोविड उपचार को भी जोडा गया है प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी जिलों में विशेष निगरानी रखी जा रही है अजमेर जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में अब तक दो दर्जन से अधिक कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके है साथ ही संक्रमितों को संस्थागत क्वारेंटीन करने के लिए भवनों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है सवाईमाधोपुर के बौली क्षेत्र के मामडोली में सवाईसिंह मंदिर के आसपास के क्षेत्र को माइक्रो कंटेन्टमेंट जोन घोषित किया गया है टोंक जिले में भी करीब सवा दो सौ लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है

इसमें शिक्षा जगत में कोविड से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए नवाचार अपनाने पर विचार विमर्श किया गया उधर भरतप्र जिले में आज कोरोना जागरूकता के लिए रैली निकाली गई

इसी कम में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज नरेश दामोर ने लोगों से टीका लगवाने और एहतियात बरतने की अपील की है

जो लोग कोविड टीका लगवा चके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं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

गांधी दर्शन और महिला संशक्तिकरण विषय पर आज जयपुर में हुए एक वेबिनार में यह नीति जारी की गई इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लैंगिक समानता पर जोर देते हुए महिलाओं से हर क्षेत्र में आगे आने की अपील की

जिले के शिवसिंहपुरा में आयोजित इस प्रदर्शनी में कस्तुरबा गांधी के जीवन और देश की आजादी में दिए गए उनके योगदान से जुड़े विभिन्न प्रसंगों पर चित्र प्रदर्शित किए गए

श्री गहलोत ने जयपुर में ज्योतिबा फूले की प्रतिमा का वर्चअल अनावरण भी किया टोंक और ब्रंदी में भी आज एक कार्यक्रम आयोजित कर महात्मा ज्योतिबा फुले को याद किया गया बीकानेर में इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

इस मामले में एक प्रशासनिक समिति का गठन किया गया है यह समिति प्रदेश में मंदिर माफी की जमीन के संरक्षण के लिए अन्य राज्यों का अध्ययन करेगी जयपुर में हुई इस बैठक में राज्यसभा सांसद डॉ किरोडी लाल मीणा मुख्य सचेतक महेश जोशी पूर्व मंत्री अरूण चतुर्वेदी और विधायक अशोक लाहोटी सहित विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आँसू गैस भी छोड़ी

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया